पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिवंगत हस्तियों और सांसदों को सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई सदन ने देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त सशस्त्र सेना अर्द्द सैनिक बलों और पुलिस बल के बहादुर जवानों को भी नमन किया कर्तव्य पथ पर बलिदान देने वाले कोरोना योद्वा डॉक्टर्स चिकित्सा कर्मी सफाई कर्मी पुलिस कर्मी और स्वयं सेवकों का स्मरण किया गया इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई

गौरतलब है कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुए सत्र के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयकों की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है शुन्यकाल भी तीस मिनट का ही रखा गया है दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे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

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में विभिन्न मुद्दों पर जितना अधिक विचार विमर्श हो बेहतर है

इस कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम में आम लोग भी फेसबुक और यू ट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में देश के विख्यात चिकित्सक डॉ नरेश त्रिहान डॉ रणदीप गुलेरिया डॉ एस के सरीन और डॉ देवी शेट्टी सीधे प्रसारण के माध्यम से कोरोना के बारे में जानकारी और समाधान प्रदान करेंगे

वहीं मृत्यु दर एक दशमलव दो प्रतिशत है

देशभर में आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है

कोविड महामारी के कारण इस साल हिन्दी दिवस का समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देशभर के लोगों से मिले विभिन्न सुझाव और विचार ही मन की बात कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है